कोविड के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के लिए टले राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला

पीएम मेट्रो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उदघाटन करेंगे इससे सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी चालकरहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना नही होगी मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच इस चालकरहित मेट्रो चलने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की संभावना है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे

चच पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ल्वनज्नइम चैनलों पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा

इसके बाद यूनियन द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रेत की रायल्टी वाली गाड़ियों को कोई भी विभाग नहीं रोकेगा और केवल चेकपोस्ट पर ही गाड़ियों की जांच होगी उन्होंने कहा कि वीकल के हिसाब से रेत की मात्रा का पैरामीटर तैयार किया गया है उपार्जन नीति प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कल एक जानकारी में बताया कि प्रदेश की उपार्जन नीति में नये प्रावधान किये जाने से किसानों को अपनी उपज बेचने में और अधिक सहूलियत होगी उन्होंने कहा कि किसानों के नाम में दूसरे प्रदेशों से कम दर पर उपज खरीदकर प्रदेश में निर्धारित दर पर बेचने वाले बिचौलियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा उन्होंने बताया कि अभी तक उपार्जन का काम केवल सहकारी समिति और एनआरएलएम के समूह ही किया करते थे परंतु अब नये प्रावधानों में फार्मा प्रोडक्ट आर्गनाइजर एफपीओ को भी इसका दायित्व सौंपा जायेगा जिससे उपार्जन कार्यों में बढ़ती भीड़ और देरी को कम किया जा सकेगा

भोपाल के ओलिंपियन हॉकी खिलाडी इनाम उर रेहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाज़ा जा रहा है इंदौर के अभिलाष एमटी और शरद जपे के साथ ही भोपाल के गिरधारी लाल यादव को विश्वामित्र प्रस्कार के लिये चुना गया है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

इस बार तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक पण्डित संतीश व्यास को दिया गया है पांच दिवसीय समारोह की शुरूआत पारंपरिक ढंग से हुई

राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर दस हजार तीन सौ उन्तीस हो गई है कल प्रदेश में एक हजार छह लोग पॉजिटिव भिले तो वहीं एक हजार एक सौ उन्तीस लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ मरीजों की इस बीमारी से जान गई है

लोकार्पण राज्य के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह दत्तीगांव ने कल धार जिले के विभिन्न ग्रामों में निर्माण और विकासकार्यों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अब ऐसी सुविधा आरंभ की जा रही है जिससे आवेदकों को मोबाइल पर ही जाति और आय प्रमाणपत्र प्राप्त होने लगेंगे

शिविर में दिव्यांगोँ को आवश्यक उपकरण वितरित किये गये